लॉक डाउन में लोगों को आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति सुनिष्चित करने के लिए पलामू जिला प्रशासन ने की सहारा एप्प की शुरुआत मौसम विभाग ने इस वर्ष देषभर में मॉनसून के सामान्य रहने का लगाया अनुमान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के जिलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है ये हैं हॉट स्पॉट जिले नॉन हॉट स्पॉशट जिले और ग्रीन जोन जिले

रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के लालगुटवा गांव के किसान केंद्र सरकार के उस फैसले से बेहद खुश हैं जिसके तहत लॉक डाउन के दौरान देशभर के किसानों को कृषि कार्य में छट दी गई है लालगुटवा के जेगो लकड़ा और अजीत तिर्की जैसे किसानों का कहना है कि फिलहाल गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वे लोग कृषि कार्य में लगे हुए

उन्होंने कहा कि गृहमंत्रालय द्वारा जारी दिषा निर्देष से उद्योग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र समन्वय के साथ बेहतर प्रदर्षन कर सकेंगे उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले से लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकेगी

इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव केन्द्रीय गृह सचिव केन्द्रीय गृह स्वास्थ्य सचिव भी शामिल हुए इसके अलावा सभी जिलों के कलेक्टर पुलिस अधीक्षकों नगर पालिका आयुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने भी वीडियों कांफ्रेंस के जरिये आयोजित बैठक में भाग लिया

उन्होंने बताया कि कल सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव और विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक होगी हेल्पलाइन के माध्यम से दूसरे राज्यों में फंसे राज्य के प्रवासी मजदूरों से लगातार संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गयी दूसरे राज्यों में फंसे ऐसे प्रवासी मजदूरों की संख्या करीब आठ लाख बतायी गयी है अभी इनकी गिनती की जा रही है और उनके बैंक खाता नंबर लिये जा रहे है ताकि डीबीटी के माध्यम से उन्हें मदद राशि पहुंचायी जाएं

एक रिपोर्ट कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन में अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ किया इससे लॉकडाउन के दौरान जल्दी खराब होने वाली वस्तेओं को एक से दूसरे राज्य में आसानी से पहुंचाया जा सकता है

इस एप्लीकेशन की मदद से जिला के लोग आवश्यक वस्तु जैसे ग्रॉसरी मेडिकल एलपीजी तथा डेयरी की होम डिलीवरी करवा सकते हैं इस एप्लीकेशन को एनआईसी के द्वारा विकसित किया गया है जिले भर में चिन्हित होम डिलीवरी करने वाले किराना दुकान दूध के दुकान सब्जी दुकान फल दुकान तथा गैस एजेंसियों को इसमें पंजीकृत कर आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की जा रही है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

पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में सभी युवकों को गिरफ्तार किया गया है संक्षिप्त खबरें धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह दिल्ली से सड़क मार्ग की यात्रा करते हुए धनबाद पहुंचे लगभग बीस दिनों से वह दिल्ली में फंसे हुए थे धनबाद स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक लगातार उनपर निगरानी भी रख रहे है

राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद हुई हल्की बारिष से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है मौसम पूर्वानुमान में अगले तीन दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिष की संभावना जतायी गयी है मौसम विभाग ने इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान लगाया है दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वर्षा के लिए पहले चरण का दीर्घावधि अनुमान आज जारी किया गया

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव एम राजीवन ने बताया कि मौसम विभाग ने इस वर्ष मॉनसून के आने और जाने की तिथियों में संशोधन किया है लेकिन केरल में मॉनसून आने की सामान्य तिथि पहली जून ही रहेगी